लातेहार जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के तीन उग्रवादियों को किया गिरफ्तार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

इससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाएगी विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा उन्चास प्रतिशत से बढ़ाकर चौहतर प्रतिशत करने का प्रावधान है बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पाबंदियां हटाने का भी प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा के जवाब में कहा कि चौहतर प्रतिशत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है यह केवल एफडीआई की उपरी सीमा है उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कंपनी विदेशी निवेश सीमा पर अपना फैसला लेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार प्रखंडों के गठन के लिये सर्वे कराकर यह फैसला करेगी कि राज्य में कितने प्रखंडो की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा है कि पांच सात पंचायतों में एक प्रखंड रहने और दूर होने की वजह से परेशानी होती है राज्य सरकार सर्वे करा कर यह जानने का प्रयास करेगी कि राज्य में कितने प्रखंडों की जरूरत है लोगों को किस तरह नये प्रखंडो से सह्लियत होगी श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं को मजदूरों तक पहंचाने और उनकी समस्या का निराकरण के लिए राज्य सरकार हर पंचायत में श्रमिक मित्र बहाल करेंगी श्रमिकों की पंजीयन करवाने तथा योजनाओं का लाभ दिलाने सहित अन्य कार्य के लिए उन्हें मानदेय दिया जायेगा इस बात की घोषणा श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधानसभा में की श्री भोक्ता ने कहा है कि देश विदेश में कहीं भी श्रमिकों की मौत हो जाने पर उन्हें वहां से लाने और उन्हें किसी अन्य तरह की परेशानियों से राहत देने के लिए अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का कॉल सेंटर स्थापित किया गया है

इसके अलावा झारखंड सरकार में लगातार तीन वर्ष तक कार्य करनेवाले उम्मीदवारों को अधिकतम उम्रसीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी

मंत्रालय ने बताया है कि एक करोड दस लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं

राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने सभी उपायुक्तों और प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र भेजकर कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफतार को रोकने को लिए व्यापक तौर पर टेस्टिंग में तेजी लाने का निर्देश दिया है उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाते हुए अपने पत्र में कहा है कि हाल के दिनों में राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है जबकि पिछले कुछ माह में जांच में गिरावट आई है इस पर सख्त निगरानी रखने की जरूरत है वहीं पुराने मरीजों के स्वस्थ होने के मुकाबले कोरोना संक्रमित के सक्रिय मामले राज्य में बढ़ रहे हैं

इनमें रांची पूर्वी सिंहमूम धनबाद रामगढ़ गुमला बोकारो लातेहार सिमडेगा पाकुड़ दुमका सरायकेला लोहरदगा तथा गोड्डा शामिल है फिलहाल गिरिडीह खूंटी पलामू तथा जामताड़ा में कोई मरीज संक्रमित नहीं है क्छ जिलों में सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद वहां नए संक्रमित मिले हैं

लातेहार जिला पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में पुल निर्माण योजना के मुंशी की हत्या के मामले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का सरगना पप्पू लोहरा के भाई समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने कल प्रेसवार्ता कर बताया कि विशुनदेव सिंह कोने पिकेट के समीप धरधरी नदी में बन रहे पुल निर्माण में मुंशी का काम करता था उन्होंने बताया कि पप्पू लोहरा आगामी पंचायत चुनाव में अपने पसंद के प्रत्याशी को उतारना चाहता था परंत् मृतक विशुनदेव सिंह अपनी पत्नी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहा था कोडरमा के ढाब थाना क्षेत्र में काफी मात्रा में अवैध विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है विस्फोटकों को मोटरसाइकिल पर लोड कर कोडरमा के डोमचांच से गिरिडीह ले जाया जा रहा था

इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है

पुलिस ने दोनों के पास से हथियार भी बरामद किया है जिस हथियार से सब इंस्पेक्टर सुभाष लकड़ा को गोली मारी गई थी रांची पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है घटना चुटिया इलाके के मुकचुंद टोली चौक के पास की है अपराधियों ने दरोगा को गोली तब मारी जब अपराधियों को हथियार के साथ दबोचने के लिए वे अकेले ही अपराधियों का पीछा करते हुए बाइक से पहुंच गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले की आज सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में होगी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई होगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद चारा घोटाले के अन्य मामलों में सजायाफ्ता हैं फिलहाल वे दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं

सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने अभियोजन की ओर से सीबीआई की अदालत में पक्ष रखा था पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले के गवाहों द्वारा जिन दस्तावेजों और प्रदर्शन की पहचान कोर्ट में गयी है उनका भी सत्यापन किया गया था झारखंड सरकार और गेल इंडिया लिमिटेड ने राजधानी रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कचरे से गैस उत्पादन के लिए कम्प्रेस्ट बायो गैस प्लान्ट के निर्माण को लेकर एम ओ यू साइन किया है नगर विकास सचिव विनय चौबे ने कहा है कि जल्द इस दिशा में कार्य शुरू होगी गेल इंडिया इसके लिए एक सौ पचास टन का दो प्लान्ट लगाएगी जिसके निर्माण में करीब दो साल को समय लग सकता है इसके लिए रांची नगर निगम झिरी में आठ एकड़ जमीन गेल इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध करा रहा है वहीं दूसरे चरण में आवश्यक्ता पड़ी तो नगर निगम अतिरिक्त जमीन की भी व्यवस्था करेगा गेल इंडिया की ओर से कार्यकारी निदेशक के वी सिंह और रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने इस एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए हैं साहिबगंज के गांधी चौक से राज्य स्वच्छ गंगा मिशन और जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आज सुबह पदयात्रा निकालकर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को गंगा स्वच्छता का संदेश दिया गया पदयात्रा बिजली घाट तक पहंची जहां गंगा स्वच्छता अभियान सह चौपाल लगाया गया जिसमें गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने को लेकर शपथ ग्रहण भी किया गया

इसी क्रम में विभिन्न गंगा ग्रामों में गंगा स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है खूंटी जिले में सिविक एक्गन प्लान के तहत सीआरपीएफ कोबरा बटालियन युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की चर्चा के बाद कल जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दूधिया रोशनी में विधानसभाध्यक्ष और मुख्यमंत्री एकादश के बीच मैच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ इस मैच को विधानसभाध्यक्ष एकादश ने मुख्यमंत्री एकादश को सात विकेट से जीत लिया

मैन ऑफ द मैच बने हेमंत सोरेन बेस्ट बैट्समैन अमित मंडल और बेस्ट बॉलर रंधीर सिंह बने

हालांकि इस दौरान तापमान में ज्यादा के बदलाव के आसार नहीं है वहीं अगले दो दिनों तक गर्मी से लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी गढ़वा और लातेहार में पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार आज शाम के बाद राजधानी के मौसम में बदलाव आने की संभावना है आज संध्या से राज्य के कई जिलों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं

इसे लेकर विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है हालांकि इस दौरान इन जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है